प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात कोरोना वायरस के मुद्दे पर देश के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की

यानी सब पर पाबंदी

यह जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त होगा और यह एक तरह से कर्फ्यू ही होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा ना लांघी जाए

मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू किया है जिसके उल्लंघन पर दो वर्ष जेल की सजा हो सकती है निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय इसके स्वायत्त कार्यालय और सार्वजनिक निगम राज्य और केन्द्र शासित सरकारों के कार्यालय स्वायत्त संस्थाएं बंद रहेंगी वाणिज्यिक और निजी संस्थांन भी बंद रहेंगे लेकिन उचित दर की दुकानें और खाद्य किराना फल सब्जी डेयरी और दूध मांस मछली और पशु चारे की दुकाने खुली रहेंगी जिला प्राधिकारी लोगों की घरों के बाहर आवाजाही कम करने के लिए होम डिलिवरी सुविधा को प्रोत्साहन देंगे इसके अलावा बैंक बीमा कार्यालय एटीएम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुले रहेंगे दूरसंचार इंटरनेट सुविधाएं भोजन सहित जुरूरी वस्तुओं की डिलिवरी होगी और फार्मास्यूएटीकल्स ई कॉमर्स के जरिए चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अस्पण्ताल और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उत्पादन तथा वितरण इकाइयों सहित इससे जुड़े सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान जैसे डिस्पेंसरी कैमिस्ट चिकित्सा उपकरण की दुकानें प्रयोगशालाएं क्लीनिक नर्सिंग होम एंब्रलेंस इत्यादि सुविधाएं जारी रहेंगी चिकित्साकर्मी नर्सों अर्धचिकित्सा कर्मचारियों और अन्य अस्पतालों की सहयोगी सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी पेट्रोल पम्प एलपीजी पेट्रोलियम और गैस रिटेल आउटलेट भी खुले रहेंगे विद्युत उत्पादन ट्रांसभिशन और वितरण इकाइयां तथा सेवाएं और सेबी द्वारा अधिसूचित पूजी और ऋण बाज़ार सेवाएं भी कार्य करती रहेंगी यह भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे हवाई रेल सड़क जैसी परिवहन और सेवाएं बंद रहेंगी लेकिन आवश्य्क वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहनों अग्निशमन गाड़ियां कानून और व्यंवस्था तथा आपात सेवाओं संबंधी वाहन सुविधा जारी रहेगी आतिथ्य सत्कार सेवाए भी बंद रहेगी लेकिन पर्यटकों और लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों आपात और चिकित्सा कर्मचारियों विमान और जहाज के कर्मचारियों तथा क्वाऔरेंटाइन सुविधाओं के लिए निर्घारित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को ले जा रहे वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठान प्रशिक्षण शोध और कोर्चिंग संस्थान बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थंल जनता के लिए बंद रहेंगे और कोई धार्मिक समागम करने की अनुमति नहीं होगी

रक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ट्रेजरी पेट्रोलियम सीएनजी एलपीजी पीएनजी सहित सार्वजनिक उपयोग के स्थान आपदा प्रबंधन विद्युत चेतावनी एजेंसी राज्य पुलिस होम गार्ड अग्निशमन और आपात सेवाए जिला प्रशासन और ट्रेजरी बिजली पानी सफाई और नगर निगम निकायों को लॉकडाउन से छूट दी गई है ये सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे जबकि अन्य समी कार्यालयों के कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को पूरी तरह लागू करने की निगरानी करने के लिए अधिशासी मजिस्ट्रेट तैनात करेंगे

उन्होंने विधायकों से भी अपील की है कि आप भी इसमें सहभागी बनें

ऑडिनेंस लाकर धन की व्यवस्था की जायेगी उन्होंने कहा है कि अभी लड़ाई सिर्फ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की है श्री चौहान ने विधायकों से कहा है कि आप अपने घरों में रहकर कार्यकर्ताओं से बात करते रहिये और नागरिकों को शिक्षित करते रहिये तभी हम इस महामारी को परास्त कर सकेंगे

प्रशासन से लेकर आम लोग भी चिंतित हैं ऐसी परिस्थिति में मानवता की भिसाल पेश करने वाला एक मामला सिवनी जिले के घंसौर से सामने आया है जहां एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ भिलकर घर पर मास्क तैयार कर रहे हैं और लोगों को निशुल्क वितरण कर रहे हैं

इसके बाद प्रशासन द्वारा इसे देखते हुए पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है और देशव्यापी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई है मंडला कलेक्टर जेसी जटिया ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की

हालांकि इस बार करोना वायरस के संकमण को देखते हुए सभी जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है इसलिए मंदिरों में भी आम श्रद्दालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी

कटनी रतलाम रायसेन निवाड़ी होशंगाबाद नरसिंहपुर और डिण्डोरी सहित विभिन्न जिलों में कोरोना वायरस के संकमण के बीच लोग घरों में ही पूजा कर नवरात्र मना रहे हैं